प्रदेश भाजपा की वर्च्यअल रैली की कड़ी में उन्होंने आज शिमला से पालमपूर मंडल की वर्च्अल रैली को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्रदर्शी व त्वरित निर्णय के चलते देश में कोरोना महामारी की स्थिति पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सका है

इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कमार ने पालमपुर से अपने विचार साझा किए बाद में मुख्यमंत्री ने हरोली व धर्मपुर भाजपा मेंडल की वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित किया

उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है और इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी पर राशन ले सकता है

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पार्टी ने चंडीगढ व पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में फंसे हिमाचलियों की मदद के लिए सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा को अधिकृत किया था और उन्होंने लोगों को वापिस लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया राठौर ने कहा कि पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्ध ने भी प्रदेश कांग्रेस को लिखे एक पत्र के माध्यम से राजेन्द्र राणा के प्रयासों की सराहना की है जियालाल भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में हुए सर्वे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर को सर्वश्रेष्ठ आंका गया है चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मंत्रियों व विधायकों पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है और विपक्ष द्वारा बेवजह ऑडियो मामले पर राजनीति की जा रही है डीसी हमीरपुर हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने जिले में होटल रेस्तरां और ढाबों सहित होम स्टे के संचालन को सशर्त अनुमति दी है आदेशों के अनुसार आधिकारिक व व्यवसायिक कार्यों के उद्देश्य से यात्रा करने वाले लोगों और प्रदेशवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे जबकि पर्यटकों को होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा होटलों में किसी भी तरह के सामाजिक राजनीतिक और धार्भिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा

उपायुक्त के सी चमन ने बताया कि इसके अनुसार श्रमिकों का संकलन संबंधित औद्योगिक प्रबंधन ठेकेदार व्यवसायी व आवास मालिक द्वारा किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रवासी व श्रमिक को समीप के पुलिस थाने में अपना नवीन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा